राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर मैसियास बोलसोनारो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ अमर जवान ज्योति के बजाय राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश की खातिर अपना जीवन बलिदान करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुआ इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रीय गान गाया गया तथा इक्कीस तोपों की सलामी दी गई

उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार राज्य में सुशासन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आर्थिक और सामाजिक उत्थान तथा आधारभूत ढ़ांचे के विकास पर काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही है परेड में सशस्त्र बलों और राज्य पुलिसकर्मियों के अलावा छात्रों कलाकारों और विभिन्न जनजातियों के लोगों ने हिस्सा लिया इस मौके पर राज्य प्रस्कारों के लिए नामों की घोषणा भी की गई

इनमे से चौतींस महिलाएं अटठारह विदेशी और मरणोपरांत बारह व्यक्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा पद्मश्री अवार्डीज में अरुणाचल प्रदेश से साहित्य और शिक्षा के लिए येशी दोरजी थोंदक और सामाजिक कार्य के लिए सथ्यानारायण मुंडायुर को सम्मानित किया जाएगा

प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हिंसा और हथियारों के बल पर समस्याओं का समाधान खोज रहे लोगों को मुख्य धारा में लौट आना चाहिए श्री मोदी आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की इकसठवीं कड़ी में बोल रह थे श्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले असम में आठ उग्रवादी गुटों के छ सौ चवालीस उग्रवादियों ने अपने हथियारों के साथ समर्पण किया है और देश की प्रगति में भागीदार बनने के लिए शांति पर भरोसा जताया है उन्होंने कहा कि पिछले साल त्रिपुरा में अस्सी से अधिक लोगों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा श्री मोदी ने कहा कि जिन्होंने समस्याओं को सुलझाने के लिए हथियार उठाए थे अब वे भरोसा करते हैं कि विवाद को केवल शांति और मिलकर सुलझाया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद में बहुत कमी आई है और क्षेत्र के मुद्दों को शांति और ईमानदारी के साथ चर्चा के लिए जरिए सुलझाया जा रहा है

इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में महात्मा गांधी के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं राष्ट्रपति ने देश के विकास के लिए एक सशक्त आतंरिक सुरक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुषमान भारत अब विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम बन गया है और सरकार ने गरीबों के आरोग्य के लिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं राष्ट्रपति ने कहा कि देश की अखंडता की रक्षा करते हुए सैन्य कर्मियों का बलिदान अद्वितीय साहस और अनुशासन एक गौरब गाथा बन गया है उन्होंने सशस्त्र बलों के जवानों और रक्षा से संबंधित अन्य लोगों को शौर्य और रक्षा पदक प्रदान करने को मंजूरी दे दी है

जिसका शनिवार को समापन हुआ

इस उत्सव का लक्ष्य खासकर शिक्षा संस्थान में लोगों के लिए नवाचार संस्कृति का प्रोत्साहन करना है यह राज्य में अपनी तरह का पहला उत्सव है ईस्ट अरुणाचल लोक सभा सांसद तापिर गाव ने स्कुली शिक्षकों से सिर्फ वेतन के लिए नहीं बल्कि मानव संसाधन का निर्माण करने के लिए खुद को समर्पित करने को कहा उन्होंने माता पिता और अभिभावकों से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का दैनिक तौर पर निरीक्षण करने की अपील की ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन अंचल स्थित डोरलुंग राजकीय माध्यमिक स्क्रल के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करते हुए शनिवार को वे बोल रहे थे उन्होंने कहा की शराब नारकोटिक और कंट्राबेंड ड्रग्स का कुछ छात्रों द्वारा इस्तेमाल ने शिक्षण संस्थान के वातावरण को द्वषित कर दिया है श्री गाव ने प्रशासन और पुलिस से समाज विरोधी तत्व के साथ सख्ती से निपटने को कहा इस अवसर पर पासीघाट वेस्ट विधायक निनोंग इरिंग भी मौजूद थे